प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बिल का समर्थन करते हुए अपने संशोधनों को वापस ले लिया केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने बताया कि ओबीसी आयोग की सिफारिश राज्य सरकारों के लिये बंधनकारी नहीं होगी

अब इसे राज्यसभा में पेश किया जायेगा

इससे पहले श्रीमती राजे कल शाम बांसवाडा पहुंची उन्होंने गढ़ी में जनसभा को संबोधित कर राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की मुख्यमंत्री ने कल ही डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान बालिकाओं को स्कूटी वितरित की

इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित बुनकरों को सम्मानित किया जायेगा वहीं राज्य स्तर पर चुने गये बुनकर भी सम्मानित होंगे

उद्योग आयुक्त डॉक्टर सभित शर्मा ने बताया कि इस साल के राज्यस्तरीय पुरस्कारो में कोटा जिले के कैथून के ब्नकर जाकिर हुसेन को पहले पुरस्कार के लिये चुना गया है

इस अवधि में ड्यूटी ज्वाईन नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरूद्व अन्शासनात्मक कार्रवाई की जायेगी

कल जिला कलक्टर डॉ एन के गूप्ता की अध्यक्षता में सिवरेज परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए गठित कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी गई

सीकर के नीम का थाना में टपकेश्वर धाम में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई

बीकानेर में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के सामने कल देर शाम एक टैक्सी के अनियंत्रित होकर पलटने से एक महिला की मौत हो गई

झुलसे ठेकेदार के चिल्लाने की आवाज सुन खेतों में काम कर रहे लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाई गंभीर रूप से झलसे ठेकेदार की महात्मा गांधी अस्पताल में पह चने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई पुलिस ने बताया कि हत्या के कारण और आरोपियों का अब तक पता नहीं लग पाया है हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाये

इनके पास शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार और चिंकारा के अवशेष बरामद किए गए हैं

श्रीमती सिंह इस विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति होंगी